मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से बायोफ्यूल के क्षेत्र में राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीति को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग का आग्रह किया है उन्होंने धान से बने जैव एथेनॉल के उत्पादन के लिए कम से कम दस वर्ष की अनुमति दिए जाने की मांग की है श्री बघेल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से उनके निवास पर मुलाकात की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से एनएमडीसी का क्षेत्रीय मुख्यालय बस्तर में स्थापित किए जाने की मांग की केंद्रीय मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने मुख्यमंत्री की मांगों को गंभीरता से लेते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है छत्तीसगढ़ सम्मान देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में अच्छे और अनुकरणीय व्यवहार तथा नवाचारों के लिए उच्च फोकस राज्यों की श्रेणी के तहत छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में चल रहे छठवें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य की स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह और मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को यह पुरस्कार प्रदान किया प्रथम स्थान के लिए सात मापदंडों को आधार बनाया गया था अवैध धान परिवहन प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान का अवैध परिवहन करते हुए तिरसठ वाहनों सहित करीब बीस हजार क्विंटल धान जब्त किया गया है अवैध धान परिवहन के एक सौ नब्बे प्रकरण बनाए गए हैं इनमें से एक प्रकरण पर एफआईआर भी दर्ज की गई है शेष प्रकरणों पर मण्डी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है इस बीच भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रनम चंद्राकर ने कहा है कि जिस तरह से अवैध धान परिहवन के प्रकरण बनाए जा रहे हैं इससे लगता है कि प्रदेशभर में धान के बिचौलिये सक्रिय हैं उन्होंने कहा कि यदि वक्त रहते राज्य सरकार किसानों का धान खरीदना शुरू कर देती तो ये बिचौलिये सक्रिय नहीं होते डब्ल्यूएचओ सुझाव विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने प्रदेश में टीबी मुक्त कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का जायजा लेने के लिए रायपुर और बिलासपुर जिले के अस्पतालों का दौरा किया टीम के सदस्यों ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और दवाई से लेकर सुविधाओं तक की जानकारी ली टीम ने कल रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन से मुलाकात कर निरीक्षण के दौरान मिली कमियों और सराहनीय कार्यो की रिपोर्ट सौंपी कलेक्टर ने बताया कि डब्ल्यूएचओ और केंद्रीय टीम के साथ एक घंटे तक चर्चा हुई रिपोर्ट में फील्ड स्तर पर मितानिनों के काम की सराहना की गई उन्होंने बताया कि दो जिलों में टीबी रोग से जुड़ी योजना और लोगों में जागरूकता को लेकर टीम ने सराहना की है तो कुछ खामियां भी बताई टीम ने सुधार के लिए जरूरी सुझाव भी दिए राज्यपाल बिलासपुर राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुण्डा की एक सौ चवालीसवीं जयंती पर बिलासपुर के पेण्ड्रा में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया कार्यक्रम को राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय और केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि बिरसा मुण्डा शहीद वीर नारायण और गुण्डाधूर ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया उनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है जशपुर नपा उपलब्धि जशपुर नगर पालिका ने एक बार फिर ऑनलाइन शिकायतों के निराकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है उसे राज्य सरकार ने ए ग्रेड से नवाजा है इससे पहले भी जशपुर नगर पालिका को श्रेष्ठता अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है

अभी हाल ही में राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में पिछले तीस वर्षों से महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही रूखमणी चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय मिनीमाता सम्मान से सम्मानित किया श्रीमती चतुर्वेदी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए महिलाओं से अपील की कि वे घर तक ही सीमित न रहें

इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे साक्षरता शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजधानी रायपुर के अट्ठारह स्कूलों में बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया प्राधिकरण के अध्यक्ष रामकुमार तिवारी के मार्गदर्शन और सचिव उमेश उपाध्याय ने इन शिविरों का समन्वय किया इन शिविरों में चार हजार से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के प्रावधान यातायात सुरक्षा और पाक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी दी गई तथा बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया गया गौरतलब है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश में चौदह नवंबर से पंद्रह दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित इस महोत्सव में हजारों की संख्या में यदुवंशियों की टोली अपने नृत्य और शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं गौरतलब है कि बिलासपुर में राउत नाच महोत्सव की शुरूआत वर्ष उन्नीस सौ अटहत्तर से हुई है इससे पहले शहर में यदुवंशियों की टोली असंगठित तौर पर शहर के अलग अलग हिस्सों में शौर्य प्रदर्शन करते थे लेकिन कालीचरण यादव और उनकी टीम ने असंगठित यदुवंशियों को संगठित कर राउत नाच को एक महोत्सव का रूप दिया तारा वर्मा सम्मानित प्रदेश के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचियता डॉक्टर नरेन्द्र देव वर्मा की धर्मपत्नी तारा वर्मा को राज्य सरकार ने सम्मानित किया है संस्कृति विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने श्रीमती वर्मा से उनके रायपुर निवास पर सौजन्य मुलाकात की उन्होंने श्रीमती वर्मा को शॉल श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया

वहीं तीन घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है